प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देषवासियों से अपील की है कि वे रविवार पांच अप्रैल को रात नौ बजे नौ मिनट के लिए अपने घरों में सभी लाईटें बंद कर दीया टार्च मोमबत्ती और मोबाइल की फ्लैष लाईट जलाकर रोषनी करें प्रधानमंत्री ने कहा कि देष एक होकर कोरोना की वजह से आए संकट से निपट सकता है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में अकेले हैं लेकिन एक सौ तीस करोड़ देषवासियों की सामुहिक शक्ति उनके साथ है

उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा कभी भी लांघनी नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है

राज्य में कोरोना वायरस के दो मरीजों के पॉजिटिव रिर्पोट आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन के निर्देषों को कड़ाई से पालन करने का निर्देष दिया है

श्री सोरेन ने कहा कि यह महामारी जात पात धर्म संप्रादय और अमीरी गरीबी का भेद नहीं करता उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राज्य में खद्यय पदार्थो की कोई कमी नहीं है मुख्यमंत्री ने दूमका के उपायुक्त को जिले के रामेष्वर थाना क्षेत्र स्थित चटकापाथर गांव के लोगों को राषन उपलब्ध कराने का निर्देष दिया उन्होंने बताया कि चटकापाथर गांव के लोगों जंगल से जलावन की लकड़िया बेच कर अपनी आजीविका चलाते है राज्यव्यापी लॉकडाउन के कारण इनके बीच रोजी रोटी की समस्या उतपन्न हो गई है ऐसे में गांव वालों को राषन उपलब्ध कराने का निर्देष दिया गया है ताकि कोई व्याक्ति भूखा ना रहे गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले में कालाबाजारी करनेवालों को कड़ी चेतावनी दी है उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यापारी गिरिडीह में महंगी दर पर कोई सामान बेचेगा तो उसे जेल जाना होगा जिले में लॉकडाउन के दौरान कई व्यापारियों द्वारा अधिक कीमत पर आवष्यक सम्रागियों को बेचने की षिकायत जिला प्रषासन को मिल रही है उन्होंने कहा कि बड़े व्यापारियों के स्टॉक की नियमित जाँच जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कराई जा रही है साथ ही कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ उड़नदस्ते का भी गठन किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि देष के अन्य शहरों में फसे झारखंड के लोगों तक बुनियादी सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है इस सिलसिले में नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन में कॉल सेंटर बनाए गए है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति संर्पक स्थापित कर वस्तु स्थिति की जानकारी दे सकता है

उपराजधानी द्मका में भी कोरोना वायरस के संक्र मण से बचाव के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है जिला प्रषासन द्वारा सड़कों पर पुलिस गष्त बढ़ा दी गई है और सड़क पर निकलने वाली लोगों से पुछताछ की जा रही है हलांकि अवष्यक वस्तुओं की खरीददारी पर छूट दी गई है और जनवितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को दो महीने का राषन एक साथ दिया जा रहा है जिला प्रषासन लोगों से सोषल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए लागातार अपील कर रही है पाक्ड़ जिला प्रषासन द्वारा लॉकडाउन का पालन सुनिष्चित कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किया जा रहा है इस सिलसिले में उपायुक्त के निर्देष पर जिला परिवाहन पदाधिकारी राजीव रंजन ने अनावष्यक रूप से सड़क पर घुम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाइ की और उनके वाहनों को जब्त कर लिया गया है जिला प्रषासन ने पाकुड़ के लोगों से संयम बरतने और अपने घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है इस बीच पुलिस अधीक्षक की पहल पर जरूरत मंदो के बीच सूखा राषन हैंडवाष सेनेटाइजर मास्क और साबुन का वितरण किया गया जामताड़ा के उपायुक्त गणेष कुमार ने विदेषों और राज्य के अन्य हिस्सों से आए लोगों को स्वेच्छा से स्वास्थ्य जांच कराने की अपील की है उन्होंने आम नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्प लाईन नम्बर जारी किया है तथा राज्यस्तरीय कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए स्थापित किए गए नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने को कहा है उपायुक्त ने बताया है कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि सरकार और जिला प्रषासन द्वारा जारी किए गए निर्देषों को पालन करने की जरूरत है

उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव दो मरीजों की पहचान हुई है जो बाहर से आए है श्रीमती मुर्मू ने बताया कि राज्य में लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन नहीं हो रहा है और विद्यर्थियों के लिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा सोषल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है उन्होंने बताया कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में हिस्सा लेकर लौटे लोगों की पहचान कर क्वारंटाईन में भेजने की कार्रवाइ हो रही है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

श्री गुप्ता आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लगभग पांच दर्जन ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिन्होंने सोषल मीडिया के माध्यम से कोरोना वायरस को लेकर आपतिजनक पोस्ट किए है

योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के के खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आज से महिला जन धन खाताधारियों के खाते से निकासी के संबंध में सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को आवष्यक दिषा निर्देष दिए है